प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है भ्रष्टाचार पर प्रभावशाली अंकुश लगा है और गरीब लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार हुआ है प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदश में कहा कि चार वर्ष पहले आज ही के दिन डिजिटल इंडिया की शुरूआत की गई थी इसका उद्देश्य तकनीक का इस्तेमाल और इसे लोगों के लिए सहज उपलब्ध कराना था सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए छात्रों से सार्थक भूमिका अदा करने का आह्वान किया है एक ट्वीट में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान को चार वर्ष पूर्व शुरू किया गया था और यह लोगों की आदतों में परिवर्तन लाने में सफल हुआ है डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समाज को स्वस्थ और दुरूस्त रखने के लगातार प्रयासों के लिए चिकित्सकों को बधाई दी है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए चिकित्सकों के योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता प्रधानमंत्री ने चार्टर्ड एकाउंटेंटस डे के मौके पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को बधाई दी प्रधानमंत्री ने इन मेहनती लोगों के काम की सराहना करते हुए कहा कि ये लोग देश की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के द्वितीय चरण का एक कार्यकम में शुभारम्भ किया

प्रदेश में आज से स्कूल चलो अभियान की शुरूआत की गयी इसका उद्देश्य विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति दर्ज कर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है

उन्होंने कहा कि समाज के लिए शिक्षा और चिकित्सा दोनों का बराबर महत्व है

जागरूकता संगोष्ठी में वक्ताओं ने सभी से स्कूल चलो अभिायान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान किया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

सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की दूसरी वर्षगांठ पर आज से प्रयोग के तौर पर नई रिटर्न व्यवस्था शुरू कर दो है

वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए छोटे कर दाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का भी प्रस्ताव किया है

सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में पिछले दो वर्षों में बहुत से सुधार किये हैं जिनमें करों की मात्रा और वस्तुओं का हटाना या जोड़ना शामिल हैं

बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग एक सौ रुपए की कमी की गई है अंतराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में गिरावट को देखते हुए ऐसा किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक विज्ञप्ति में बताया कि नई दरें आज से प्रभावी हो गयीं

सरकार ने दूरदर्शन समाचार की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रयास किये हैं

उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने नवीन टैक्नोलॉजी के साथ पिछले वर्ष नौ ऐसी वैन खरीदी थीं सूचना और प्रसारण मंत्रो ने कहा कि डीएसएनजी वैन के जरिये सजीव प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा बाइट सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी नहीं चलाती है वो प्रसार भारती चलाती है और प्रसार भारती के कानून में भी एक लिखा है कि जेनरली ऑटोनोमी जेनरली ऑटोनोमी के साथ ही काम करेगी

हापुड़ जनपद के पिलखुवा जनपद में गांव दहपा में आज एक मस्जिद की छत का जर्जर लेंटर गिर जाने से उसमें दबकर दो लोगों की मौत हो गयी और तीन गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है रियल टाइम ग्रास सेटिलमेंट यानी आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर यानी नेफ्ट के जरिए धनराशि का अंतरण अब सस्ता होने जा रहा है आरटीजीएस और नेफ्ट प्रणाली के माध्यम से धनराशि के अंतरण पर आज से सभी प्रभारों को मुक्त करने के निर्णय की घोषणा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से इसका लाभ तत्काल प्रभाव से उपभोक्ताओं को देने को कहा है आरटीजीएस प्रणाली का उपयोग बड़ी धनराशि के मौके पर ही अन्तरण के लिए होता है जबकि एनईएफटी का उपयोग दो लाख रुपए तक की धनराशि के अंतरण के लिए किया जाता है भारतीय रेलवे की नई समय सारिणी आज से लागू हो गयी

नई दिल्ली चंडीगढ नई दिल्ली और नई दिल्ली लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर दो नई तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं उत्तर रेलवे ने चार रेलगाड़ियों के मार्ग का विस्तार भी किया है उत्तर रेलवे ने इलाहाबाद नईदिल्ली इलाहाबाद हमसफर एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन चलाने का भी निर्णय किया है जो अभी तक सप्ताह में तीन दिन चलती थी दूसरी तरफ नई दिल्ली लुधियाना नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस की आवृत्ति सप्ताह में पांच दिन से कम करके दो दिन कर दी गई है

वे अभी तक पूर्वोत्तर में एक कोर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में तैनात थे